कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

केन्द्र ने पिछले महीने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण के तहत दो महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की घोषणा की थी मंत्रिमंडल ने आज इस फैसले को स्वीकृति दे दी इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह पांच किलो चावल या गेह दिया जाएगा

केन्द्र की इस घोषणा से प्रत्येक व्यक्ति के लिए समुचित पोषाहार सुनिश्चित होगा

महाराष्ट्र कर्नाटक छत्तीसगढ दिल्ली तमिलनाड उत्तर प्रदेश पंजाब मध्य प्रदेश गुजरात और केरल में संक्रमण काफी अधिक है

देशभर में इस समय दो हजार पांच सौ छह प्रयोगशालाओं में कोविड जांच की जा रही है मेडिकल इक्विपमें ट्स अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार ने कहा है कि प्रदेश में कोविड संबंधी व्यवस्थाओं मे और तेजी लाने के लिए नोडल अफसरो की तैनाती की गई है सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होने बताया कि राज्य सरकार के साथ ही सार्वजनिक उपक्रमो के सीएसआर फंड माध्यम से भी मेडिकल इक्विपमेंट्स जूटाने के प्रयास किये जा रहे हैं

श्री नेगी ने बताया कि प्लाज्मा डोनेशन हेतू पोर्टल की व्यवस्था की गई है उन्होने बताया कि अस्पतालों में प्रयोग की जा रही ऑक्सीजन के ऑडिट के लिए जिला अधिकारी को निर्देशित किया गया है प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने को आउटसोर्स पीआरडी उपनल के जरिए व्यवस्था की जा रही है आइजी श्री अमित सिन्हा ने बातया कि नैनीताल उधम सिंह नगर देहरादून और हरिद्वार में लगातार कार्रवाई की जा रही है

इस बीच रुड़की में ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु के मामले भी मजिस्ट्रेट इन्क्वारी की जा रही है

देहरादून निवासी रीनू पॉल र्ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून और मंसूरी के बीच पहाड़ियों को काटककर अंधाध्रंध निर्माण कार्य किया जा रहा जिससे पर्यावरण सहित शिवालिक की पहाड़ियों को खतरा पैदा हो गया है अल्मोडा कोविड अल्मोड़ा जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने आज वर्च्यअल माध्यम से जिले के प्रशासनिक व चिकित्सा विमाग के अधिकारियों के साथ कोरोना की रोकथाम के लिए उपलब्ध संसाधन और संक्रमित व्यक्तियों के बेहतर उपचार के सम्बन्ध में समीक्षा की उन्होंने निर्देश दिये कि कोरोना संक्रमित मरीजो के ईलाज में लापरवाही नहीं बरती जाए उन्होंने कहा कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं है जिसे डिमाण्ड के अनुसार तत्काल रिलीज कर दिया जायेगा उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नियमों का उल्लघंन करने पर सख्ती करने के निर्देश दिये उन्होंने शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में शादी समारोह में औचक निरीक्षण करते हए नियमों का उल्लघंन करने पर कार्यवाही के निर्देश दिये इसके अलावा उन्होंने आक्सीजन सिलेण्डरों व अन्य जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी किये जाने पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि जल्द ही अल्मोड़ा के लिए पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट आक्सीमीटर आक्सीजन कसंन्ट्रेटर उपलब्ध करा दिये जायेंगे उन्होंने कहा कि कोविड केयर अस्पताल में मरीजों की अच्छी देखमाल समय से उपचार व अन्य जरूरी दवायें व उपकरण उपलब्ध कराये जांए इसके अलावा होम आईसोलेशन कोविड सेन्टर में भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी प्रतिदिन ली जाए

कोरोना संक्रमण चम्पावत जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले के व्यापारियों ने सख्त फैसला लिया है

इस दौरान शहर में आवश्यक वस्तओं का संचालन पहले की भांति जारी रहेगा

बागेश्वर कोरोना बागेश्वर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तीव्र गति से बढ रही है जिसके प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए बाहरी राज्यों से जिले में आने वाले प्रवासियों को प्राथमिकता के आधार पर संस्थागत क्वारंटीन किया जा रहा है जिलाधिकारी विनीत कमार के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी बसंत सिंह मेहता ने जिले के समस्त ग्राम पंचायत विकास अधिकरियों को जिम्मेदारी सौपी गयी है उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत विकास अधिकरियों को बाहरी राज्यों से आ रहें प्रवासियों को प्राथमिकता के आधार पर संस्थागत क्वारंटीन सेंटर जैसे पंचायत भवन विद्यालय सामुदायिक भवन व अन्य भवनों में अनिवार्य रूप से क्वारंटाईन करने के निर्देश दिए गए है

जिलाधिकारी ने कार्मिकों से समन्वय स्थापित करते हुए कोविड से संबंधित कार्यों को संपादन करने को कहा है मौसम प्रदेश मं बीते तीन दिनों से पहाड़ी क्षेत्रों विशेशकर चमोली रुप्रदप्रयाग उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में अतिवृश्टि को चलते काफी नुकसान की आ ांका है हालांकि जान माल की हानि की कोई सुचना अभी तक नहीं मिली है सीनीय प्रशासन द्वारा नुकसान का आंकलन भी किया जा रहा है इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून द्वारा रुद्वप्रयाग चमोली अर्ल्मोड़ा बागे वर पौड़ी पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृश्टि की भी संभावना जताई है अतिवृष्टि से नुकसान चमोली जिले की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया औार पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने आज आपदा प्रभावित घाट बाजार का स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया जिलाधिकारी ने सड़कों और घरों में घसे मलवे के साफ होने तक प्रभावित परिवारों को स्कल में खाने पीने और रहने की व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए घाट बजार में कल भााम अतिवृष्टि के कारण परिसंपत्तियों का भारी नुकसान हुआ है